अस्पतालों की दवा दुकानें खुली रहेंगी केन्द्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर एनपीआर के तहत लोगों से लिये गये आंकड़े पूरी तरह से गोपनीय रहेंगे भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी ने एक ट्वीट में कहा कि जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उन्हें दण्डित किया जायेगा उन्होंने बताया कि डाटा की गोपनीयता को जनगणना कानून उन्नीस सौ अड़तालीस के तहत गारंटी मिली हुई है पटना हाई कोर्ट ने डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डी एल एड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी है न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा ने फैसला सुनाते हुए देते हुए राज्य सरकार को तीस दिनों के अंदर इन शिक्षकों का आवेदन पत्र स्वीकार करने का निर्देश दिया है गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदक के पास दो वर्षीय प्रशिक्षण की डिग्री अनिवार्य बनाए जाने के बाद राज्य सरकार ने अठारह महीने के डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डिग्रीधारी शिक्षकों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी पटना हाईकोर्ट के इस फैसले का लगभग ढाई लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने राज्य के चार बी एड कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है मानकों के अनुरूप पर्याप्त जगह और आधारभूत संरचना नहीं होने के कारण पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर शिक्षा विभाग की मान्यता रद्द की गयी है इसके अलावा वैशाली जिले के भगवानपुर स्थित रामबरन राय बी एड कॉलेज बेगूसराय के तेघड़ा स्थित कमला भुवनेश्वर बी एड कॉलेज दरभंगा स्थित मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय और एम एस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पटना की भी मान्यता रद्द कर दी गयी है प्रदेश के राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक और कन्या मध्य विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना एम ए सी पी के प्रावधानों के तहत वेतन वृद्धि दी गयी है इस संबंध में शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है इससे लगभग पच्चीस हजार कार्यरत और सेवानिवृत शिक्षकों को औसतन दस हजार रूपये मासिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं देने का नियम दिव्यांगों पर लागू नहीं होगा न्यायमूर्त्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि बराबरी के मौके और अधिकारों का संरक्षण कानून उन्नीस सौ पंचानवे के आधार पर दिव्यांगों के साथ प्राथमिकता के आधार पर व्यवहार करने का मामला बनता है जिस कारण उनकी प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी वाणिज्य कर विभाग ने राज्य के व्यापारियों को राहत देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत बकाया कर में सौ प्रतिशत तक छूट देने की घोषणा की है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि सरकार ने वन टाईम सेटेलमेंट स्कीम के तहत छूट देने का फैसला किया है यह छूट उन्हीं व्यापारियों को मिलेगी जिनका बकाया पिछले साल इकतीस दिसम्बर से पूर्व का है इस छूट को पाने के लिए व्यापारी पच्चीस मार्च तक आवेदन कर सकते है विशेष जानकारी वाणिज्य कर विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है राज्य भर के दवा दुकानदार अपनी मांगों के समर्थन में आज से तीन दिनों की हड़ताल पर चले गये हैं इस अवधि में अस्पतालों तथा फार्मासिस्ट द्वारा संचालित दुकानें खुली रहेंगी और इमरजेंसी दवाओं की आपूर्ति बाधित नहीं होगी देर शाम बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच वार्ता का प्रयास विफल हो गया संघ ने दवा दुकानों में फार्मासिस्ट रखने संबंधी अनिवार्यता को प्रावधान को समाप्त करने की मांग की है एसोसिएशन के अध्यक्ष परसन कुमार सिन्हा ने कहा कि यदि दवा द्रकानदारों पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया तो हड़ताल अनिश्चित काल के लिए बढ़ायी जा सकती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जायेगा योजना की समीक्षा के दौरान श्री कुमार ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया उन्होंने प्रखंड स्तर पर आबादी के अनुसार अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के संबंध में भी आकलन कराने का निर्देश दिया है घने कोहरे और सर्द हवा के कारण पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार आज देर शाम से हवा का रूख बदलेगा जिससे पारा और नीचे गिर सकता है वहीं शुक्रवार से हिमालयी क्षेत्र में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसके प्रभाव से उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में बादल छाये रहेंगे और ब्रंदाबांदी भी हो सकती है मौसम प्रर्वान्मान में कहा गया है कि छब्बीस जनवरी तक ठंड और कोहरे की यही स्थिति बनी रहेगी हालांकि दिन चढ़ने के साथ धूप खिलने से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित फौकानिया और मौलवी की परीक्षा आज से शुरू हो रही है परीक्षा एक फरवरी तक चलेगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी किये गये विक्की को रिहा कर दिया गया है वहीं समाज कल्याण विभाग की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी को भी बाँड पर छोड़ा गया है

खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने मुजफ्फरपुर में कहा कि यह उपलब्धि हासिल करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है सीपीआई का राज्य संगठन सम्मेलन गया में सम्पन्न हो गया पार्टी नेता कन्हैया कुमार ने सम्मेलन को संबोधित करते हुये संशोधित नागरिकता कानून राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर सरकार के रूख पर कड़ी आपत्ति जताई नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र स्थित राज्य उच्च पथ संख्या सत्तर पर एक डम्पर की चपेट में आने से एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गयी वहीं अररिया जिले के अररिया पूर्णियां फोरलेन सड़क पर मटियारी ओवर ब्रिज के पास एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार पिता पुत्री की मौत हो गयी पटना भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां थाना क्षेत्र के शरफुद्दीन चौक पर अपराधियों ने एक द्रकानदार को गोलीमार कर घायल कर दिया और पचास हजार रूपये लूट लिये पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय वीमेंस टी ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट में आज इंडिया बी और बांग्लादेश की बीच फाईनल मुकाबला होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है नागरिकता संशोधन कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा प्रभात खबर ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है विश्वविद्यालय और कॉलेजों के छह हजार शिक्षकों को मिलेगा सातवें वेतनमान का एरियर दैनिक जागरण की सुर्खी है आठ मार्च को हो सकती है सिपाही भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा दैनिक भास्कर ने लिखा है बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर स्वाधार गृह से ग्यारह महिला और चार बच्चों के गायब होने के मामले में चलेगा केस आज और राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयुष्मान भारत की समीक्षा किये जाने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

अस्पतालों की दवा दुकानें खुली रहेंगी